प्रवासी श्रम अधिनियम सहित अधिकांश केंद्रीय श्रम अधिनियमों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा रहा है प्रवासी श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अन्सार प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है और डेटा भी राज्य सरकारें रखेगी

विभिन्न राज्य सरकारों से एकट्र की गई जानकारी के आधार पर लगभग एक करोड़ प्रवासी मजद्र महामारी के दौरान अपने राज्य में वापस चले गए श्रम मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजद्रों के कल्याण के लिए कई पहल की गई लॉकडाउन के त्रंत बाद मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भेजे गए थे कि वे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के सेस फंड से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें

शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवा विद्यार्थियों को नई ब्लंदी छूने में मदद मिलेगी

इससे देश को फिर से विश्व ग्रु के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा के माध्यम के रूप में मातु भाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य दविभाषी कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और छूट दी जाएगी बिजली उपभोक्ता विद्य्त मंत्रालय ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमावली का मसौदा पहली बार तैयार किया है बिजली उपभोक्ता विद्य्त क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में शामिल हैं उपभोक्ताओं को संत्ष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान करना न्यूनतम सेवा स्तर निर्धारित करना और इन सेवाओं का आदर करने के लिए मानक तय करना महत्वपूर्ण है

इस मसौदे के अन्सार राज्य विद्य्त विनियामक आयोग डिस्कॉम के लिए प्रति उपभोक्ता प्रतिवर्ष बिजली कटौती की औसत संख्या और अवधि तय करेंगे

बिजली के बिलों का भ्गतान नकद चैक डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा लेकिन एक हजार रुपये या अधिक के बिल ऑनलाइन ही भरने होंगे

भाजपा सेवा सप्ताह भाजपा सेवा सप्ताह के तीसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सभी शक्ति केन्द्रों पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक से म्क्ति के लिए अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प के तहत आज भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खजानदास ने देहरादून के विभिन्न शक्ति केन्द्रों पर स्वच्छता अभियान चलाया उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने के लिए संकल्प लेने का अनुरोध किया

सभी ई डिस्ट्रक्ट की सेवाएं अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी

उन्होंने कहा कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाय सेवा के अधिकार आयोग के म्ख्य आय्क्त की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की विभागवार बैठक होगी सेवा के अधिकार के अन्तर्गत सभी नोटिफाईड सेवाओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर महीने और म्ख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो महीने में प्रगति की समीक्षा होगी

म्ख्यमंत्री ने कहा कि जो सेवाएं अभी अधिसूचित नहीं हैं उन सेवाओं को भी सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाय

मंत्रालय के अन्सार सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्य्दर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है

राज्यपाल कोरोना जागरूकता राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का संदेश देने के लिए आज देहरादुन के विभिन्न स्थानों पर मास्क और सेनेटाइजर वितरित किये राज्यपाल ने लोगों से उनकी दैनिक कठिनाइयों आजीविका रोजगार की स्थिति और निजी समस्याओं के बारे में भी पूछा इस दौरान उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की अपील की

शीतजल मत्स्य केंद्र सरकार की नीली क्रांति योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय दोग्नी करने के उद्देश्य से ठंडे पानी की मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है चम्पावत जिले के राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य अन्संधान संस्थान छिड़ापानी में ठंडे पानी की रेनबो ट्राउट मछली पर शोध कार्य किया जा रहा है

आखर एप म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि हमें अपनी भाषा बोलियों और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरन्तर प्रयास करने होंगे किसी भी क्षेत्र की बोली भाषा और संस्कृति ही उस क्षेत्र की विशिष्टता बताती है तीन क्षेत्रीय भाषाओं गढ़वाली कुमांऊनी और जौनसारी पर बनाये गये मोबाईल एप आखर शब्दकोष के विमोचन के अवसर पर उन्होंने यह बात कही उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा और बोलियों के प्रति लोगों का रूझान बढ़े इस दिशा में यह एक सराहनीय प्रयास है आखर एप क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने के इच्छ्क य्वाओं और इन भाषाओं में रूचि रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया है